आज गोरखप्र में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के एक कार्यक्रम में श्री कोविंद ने कहा कि रिक्षा बच्चे को अच्छा इंसान बनाती है उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के प्रसार में उल्लेखनीय कार्य कर रही है

यह अपने आप में बहुत बड़ी संपदा है

राष्ट्रपति ने आज गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की श्री कोविंद ने महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैद्यनाथ की समाधि पर प्ष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिवप्रताप शुक्ला उपस्थित थे

आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने यह जानकारी दी

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरूण जेटली कांग्रेस नेता गुलाम नवी आजाद आनन्द शर्मा और मल्तिकार्जुन खड़गे समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव तथा प्रोफेसर राम गोपाल यादव सीपीआई नेता डी राजा टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय तथा अन्य नेता बैठक में मौजूद थे

कि्तीय दबाव से निपटने के लिए इस ओर ध्यान दिया जा रहा है जो अच्छा संकेत है

राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने आज केन्द्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया

ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हो रहे हैं

प्रमुख सचिव खादी और ग्रामोद्योग डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि कानपुर के स्वराज आश्रम के खादी उत्पादों की सबसे ज्यादा ग्यारह लाख चौंसठ हजार रूपये की बिक्री हुयी प्रधानमंत्री कार्यालय में जनसंपर्क अधिकारी और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश ठक्कर का आज सवेरे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया